आज वीडियो कांफ्रेंस के जरिए नई दिल्ली में सांसदों के लिए नवनिर्मित बहमंजिला फ्लैट का उदघाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नई लोकसभा सत्र के दौरान ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं

श्री मोदी ने कहा कि एन डी ए सरकार के कार्यकाल के दौरान शुरू किये गए कई भवनों के निर्माण का काम अपने निर्धारित समय से पहले ही पूरा किया जा रहा है उन्होंने कहा कि दशकों प्रानी समस्याओं का समाधान उसे टालने से नहीं किया जा सकता बल्कि उनका मुकाबला करके और समाधान ढूंढ़ कर किया जाता है उन्होंने कहा कि दिल्ली में ऐसी कई परियोजनाए हैं जो कई वर्षो से लम्बित हैं आम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण उनकी सरकार द्वारा काफी लम्बे इंतजार के बाद किया गया श्री मोदी ने कहा कि केन्द्रीय सूचना आयोग के नये भवन का निर्माण भी वर्तमान एन डी ए सरकार के कार्यकाल में किया गया है प्रधानमंत्री ने बताया कि दिल्ली में इंडिया गेट के नजदीक समर स्मारक का निर्माण भी एन डी ए सरकार द्वारा किया गया प्रधानमंत्री ने बताया कि कोविड महामारी के दौरान भी संसद का सत्र नये दिशा निर्देशों और विभिन्न ऐहतियाती उपायों के साथ आयोजित किया गया प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकसभा की कार्य क्षमता में वृद्वि हई है क्योंकि देश परिवर्तन के लिए नई दिशा में बढना चाहता है उन्होंने यह भी कहा कि पहली बार निर्वाचित तीन सौ से भी ज्यादा संसद सदस्यों ने इस सत्र में भाग लिया प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सांसदों ने संसद के कार्य निष्पादन और प्रक्रिया दोनों का ध्यान रखा जिससे इस दिशा में नये मानक स्थापित हुए उन्होंने सदन की कार्यवाही को बेहतर ढंग से चलाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष की प्रशंसा की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट सखी यानी बीसी सखी के रूप में चयनित सभी अम्यर्थियों को प्रशिक्षित कर उन्हें कार्यस्थल पर तैनात किये जाने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा है कि बीसी सखी की तैनाती से ग्राम पंचायत स्तर पर एक महिला को रोजगार मिलेगा इससे गांव के लोगों को बैंकिंग सम्बन्धी सुविधायें आसानी से प्राप्त होंगी मुख्यमंत्री आज अपने लखनऊ स्थित आवास में आयोजित एक बैठक को सम्बोधित कर रहे थे बैठक में मुख्यमंत्री को अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि बीसी सखी के रूप में अट्ठावन हजार महिलाओं का चयन किया जा चुका है

इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह इकहत्तरवीं कड़ी होगी एक टवीट में श्री मोदी ने कहा कि जीवन यात्रा को प्रेरित करने वाली कई कहानियां और रोचक जानकारियां उन्हें पहले से ही मिली हैं प्रधानमंत्री ने लोगों से नमो ऐप और माइ जीओवी पर अपने विचार साझा करने को कहा है एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर हिंदी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकार्ड कराए जा सकते हैं लोग एक नौ दो दो पर मिस कॉल कर एसएमएस के जरिए अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेज सकते हैं रिकार्ड किए गए कुछ संदेश प्रसारित भी किए जा सकते हैं देश ने कोविड नाइन्टीन के विरूद्व संघर्ष में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है पचासी लाख से अधिक लोगों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने की दर तिरानबे दशमलव छह आठ प्रतिशत हो गई है अब तक पचासी लाख बासठ हजार रोगी स्वस्थ हुए हैं जो संक्रमित लोगों की संख्या से लगभग बीस गुना अधिक है पिछले चौबीस घंटों के दौरान इकतालिस हजार से अधिक रोगी ठीक हुए और लगभग चौवालिस हजार नये रोगियों की पृष्टि की गई है इस समय देश में संक्रमित लोगों की संख्या पांच प्रतिशत से भी कम रह गई है वर्तमान में देश में चार लाख तैंतालिस हजार चार सौ छियासी लोगों का इलाज चल रहा है जो संक्रमित लोगों की कुल संख्या का चार दशमलव आठ पांच प्रतिशत है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि छब्बीस राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में संक्रमण के बीस हजार से भी कम मामले हैं राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों द्वारा केन्द्र सरकार के मानक उपचार प्रोटोकॉल का पालन करने तथा डॉक्टरों पैरा मेडिकल स्टॉफ और अप्रिम पंक्ति में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के समर्पण और प्रतिबद्वता के कारण स्वस्थ होने की दर में सुधार हुआ है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि मृत्यदर में भी कमी आई है मृत्यू दर एक दशमलव चार छह प्रतिशत रह गई है मंत्रालय ने यह भी बताया कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान पांच सौ ग्यारह लोगों की मृत्यु हुई है देश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान लगभग आठ लाख पचास हजार नमूनों की जांच की गई है इसके साथ ही जांच आंकड़ा बढ़कर तेरह करोड़ छब्बीस लाख के आसपास हो गया है केन्द्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने संगठित रूप से जांच क्षमता बढाई है भारत में प्रतिदिन जांच क्षमता पन्द्रह लाख हो गई है